केंद्र ने किसानों के मुद्दों पर उनके प्रतिनिधियों के साथ नई दिल्ली के विज्ञान भवन में कल पांचवे दौर की बातचीत की केंद्रीय क्रॅषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसान संगठनों को न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी प्रणाली जारी रखने का आश्वासन दिया है उन्होंने कहा कि एमएसपी पर किसी भी प्रकार का खतरा और उस पर शंका करना बेबुनियाद है लेकिन फिर भी किसी के मन में कोई शंका है तो सरकार उसका समाधान करने के लिए पूरी तरह तैयार है श्री तोमर ने विरोध कर रहे किसानों से अपना विरोध प्रदर्शन वापस लेने की अपील की

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर उन्हें श्रद्वांजलि अर्पित की अपने ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने कहा कि बाबा साहब के विचार और आदर्श लाखों लोगों को निरंतर प्रेरित करते रहेंगे गृहमंत्री अमित शाह और सुचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने भी बाबा साहब को श्रद्वांजलि दी वहीं इस अवसर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी अपने टवीट संदेश में उन्हें श्रद्वांजलि देते हुए कहा कि संविधान निर्माता डॉ अम्बेडकर एक महान विचारक थे उन्होंने अपना पूरा जीवन सामाजिक सुरक्षा और समाज में समानता लाने के लिए लगा दिया

प्रदेश में कोरोना संकमण से स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या में बढोतरी दर्ज की गई है

प्रदेश में चल रहे कोरोना जागरूकता अभियान के तहत आज भरतपुर में जिला कलेक्टर ने मास्क वितरित किए और लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की प्रदेशभर में मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए आज अंतिम विशेष शिविर आयोजित किया जा रहा है

प्रदेश के वन विभाग ने अवैध शिकार और जानवरों को फंदे में फंसाने से जुड़े मामले सामने आने के बाद सभी संरक्षित क्षेत्रों अभयारण्यों और पार्को में रेड अलर्ट जारी किया है

इस अवसर पर जैसलमेर में कोरोना दिशा निर्देशों का पालन करते हुए आयोजित कार्यक्रम में गृह मंत्रालय की ओर से भेजा गया संदेश पढ़ा गया प्रदेश में लगातार तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है राज्य के उतरी जिलों में सर्दी के असर के साथ ही कोहरा भी छाने लगा है श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में आज सुबह घना कोहरा छाया रहा